अब स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संझेय और गैरजमानती अपराध बना दिया गया है

गंभीर क्षति पहंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात साल की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रूपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावडेकर ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा

ये वैन उपखंड मुख्यालयों के साथ ही गांवों और कस्बों में जनता को सामान्य बीमारियों का इलाज मुफत उपलब्ध कराएगी

राज्य सरकार द्वारा आज से शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वाहन की सुविधा करौली में भी शुरू हो गयी है

आज एक सौ तैतीस नये मामले सामने आए हैं इनमें सबसे ज्यादा छियासठ मामले जयपूर के हैं

टोंक में सात कोटा में छह नागौर में चार जोधपुर में तीन भरतपुर दौसा सवाईमाधोपुर में एक एक व्यक्ति में संकमण की पुष्टि हई है जयपुर में संकमित मरीजों की कुल संख्या सात सौ तेईस हो गयी है इधर जोधपुर में भी संक्रमित मरीजों का आंकडा बढता ही जा रहा है

पुलिसकर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ड्यूटी के साथ साथ वे लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं झुंझुनू के नवलगढ एसएचओ महावीर सिंह राठौड़ भी अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं कोरोना संकमण को रोकने के लिए प्रदेशवासी भी प्रशासन का साथ दे रहे हैं

ये सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं इनका क्वारंटीन समय भी पूरा हो गया है इन मजदूरों ने हाल ही में इस स्कूल की पुताई और रंग रोगन का काम किया है

मजदूरों द्वारा स्वेच्छा से किए गए इस कार्य की जिले मे सभी लोगों ने सराहना की है स्कूल के प्रधानाचार्य राजेन्द्र मीना ने बताया कि इन मजदूरों ने इस कार्य के लिए कोई मेहनताना भी नहीं लिया है

इधर उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय की सुपर स्पेशलिटी विंग में दो थर्मल स्कैनर मशीन लगायी गयी है

प्रतापगढ में कृषि उपज मंडी में आने वाले लोगों को कोरोना संकमण से बचाने के पैडल तकनीक वाला वॉशबेसिन बनाया गया है इससे व्यक्ति बिना नल को छए हाथ धो सकेगा

बारां के नाहरगढ में आशाओं द्वारा बनाए गए मास्क का बाजारों में वितरण किया गया राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य के दौरान श्रमिकों से सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए मेटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर की चाकसू पंचायत समिति और कुमहारियावास तथा तितरिया ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी

उन्होंने अधिक से अधिक कार्य शुरू कर श्रमिकों का नियोजन करने को कहा

उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों का आहवान किया है कि इस मुबारक मौके पर घरों से ही इबादत करें और अल्लाह से गुजारिश करें कि कोराना महामारी से देश और प्रदेश को जल्द निजात मिले राज्यपाल ने आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से अजमेर दरगाह की अंजुमन समिति के सैययद एनुददीन चिश्ती सहित खादिमों को रमजान के मौके पर घर से इबादत करने का पैगाम दिया समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को बताया कि वे लोग इस पैगाम को देश के विभिन्न भागों में रह रहे अनुयायियों तक पहुंचाएंगे इधर अजमेर मे ख्वाजा मोइनुददीन हसन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि रमजान के मुबारक महीने में घरों में ही रहकर नमाज पढ़े और सामहिक रूप से रोजा इफतार न करें

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से पृथ्वी को साफ और समृद्ध बनाने का आग्रह किया है

बीकानेर में स्काउट गाइड की ओर से शहर के विभिन्न चौराहों पर चित्रों के माध्यम से पृथ्वी बचाने का संदेश दिया गया झालावाड़ में विभिन्न क्षेत्रों में पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए बूंदी में पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया